और पारम्परिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे

दूसरे चरण के तहत किशनगंज कटिहार पूर्णिया बांका और भागलपुर में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मुकाबले लगभग साढ़े नौ प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इन संसदीय क्षेत्रों में इस बार शून्य दशमलव छह प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि कटिहार में सबसे अधिक अड़सठ दशमलव दो प्रतिशत वोट पड़े जो पिछले लोकसभा चुनाव में पड़े मत से शून्य दशमलव आठ एक प्रतिशत अधिक है दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव की तुलना में सबसे अधिक वोटिंग किशनगंज में हुई है यहां पिछले चुनाव में चौसठ दशमलव एक शून्य प्रतिशत मतदान हुआ था जबकि इस बार यह बढ़कर सड़सठ दशमलव तीन एक फीसदी हो गया दूसरी ओर बांका में इस बार सबसे कम मतदान हुआ यहां अंठावन प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया पिछले चुनाव में यहां संतावन दशमलव छह नौ प्रतिशत ही मतदान हुआ था इसी तरह पूर्णिया में चौसठ दशमलव दो शून्य प्रतिशत वोटिंग हुई पिछले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में तिरसठ दशमलव आठ आठ प्रतिशत मतदान हुआ था भागलपुर में इस बार अंठावन दशमलव दो शून्य प्रतिशत मतदान हुआ जो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग एक प्रतिशत अधिक है दूसरे चरण के चुनाव के बाद प्रदेश की चालीस लोकसभा सीटों में से नौ के लिए मतदान सम्पन्न हो गया लोक सभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद प्रदेश की पांच सीटों पर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि दूसरे चरण में भी रूझान एनडीए के पक्ष में रहा है उन्होंने कहा कि सभी पांच सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिलेगी इधर राजद ने भी सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार कहीं भी संघर्ष में नहीं है जमुई लोकसभा क्षेत्र के तरीदाविल गांव स्थित बूथ संख्या दो सौ बत्तीस पर बीस अप्रैल को पुनर्मतदान होगा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी की शिकायत सही पाये जाने के बाद पुनर्मतदान का फैसला किया गया गौरतलब है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत चुनाव हुए थे छह मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए पांच संसदीय सीटों पर एक सौ सैंतीस उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है कल अंतिम दिन उनचास उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि बाईस अप्रैल तक निर्धारित है वहीं बारह मई को होने वाले छठे चरण के चुनाव के लिए कल चौदह प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किये लोकसभा चूनाव के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद तीसरे से लेकर अंतिम चरण तक के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है एनडीए और महागठबंधन के नेता विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं साथ ही सघन जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंझारपुर सुपौल और मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का दरभंगा और मधुबनी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यक्रम है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव खगड़िया समस्तीपुर और अररिया लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल सुपौल में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में सभा करेंगे पटना विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित राष्ट्रीय डाल्फिन शोध केन्द्र के निर्माण को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के बीच सहमति बनी गयी है कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा

प्रस्तावित नक्शे को भी भवन निर्माण विभाग से स्वीकृति मिल गयी है श्री पांडेय ने बताया कि अट्ठाईस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस केन्द्र में डाल्फिन पर शोध के अलावा पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी शोध होगा आर्थिक अपराध इकाई ने औरंगाबाद स्थित मध्य ग्रामीण बैंक के दो पूर्व अधिकारियों को एक करोड़ तैंतीस लाख रूपये की जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया है इन दोनों बैंक कर्मियों पर चौवन फर्जी लोगों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण देने का आरोप है इधर निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के सरायरंजन अंचल कार्यालय के लिपिक प्रभाकर सिंह को आठ हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लिपिक एक व्यक्ति से जमीन मापी करवाने के एवज में घूस ले रहा था प्रदेश के निजी और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए अट्ठाईस अप्रैल को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद के ओएसडी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को आधे बांह वाले कपड़े और चप्पल में ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी गुड फ्राइडे आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज ही के दिन प्रभु यीशू मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी प्रमुख गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई हैं बड़ी संख्या में श्रद्वालु सामूहिक प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं गुड फ़ाइडे के अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि यह दिन प्रभू यीशू के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है जो हमे उनके जीवन मूल्यों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि हमें प्रभु यीशू के जीवन मूल्यों के अनुसरण का संकल्प लेना चाहिए प्रदेश में मौसम सामान्य हो गया है मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर बने साईक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बनने का क्रम आगे भी जारी रहेगा जिस कारण तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए संपन्न मतदान आज के सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है उत्तर से दक्षिण तक जमकर बरसे वोट दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है द्रसरे चरण में बढ़ा उत्साह कटिहार में सर्वाधिक अड़सठ दशमलव दो शून्य प्रतिशत वोटिंग प्रभात खबर लिखता है बिहार यूपी में मतदान बढ़ा बंगाल ओडिशा में गिरा दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर कर्नाटक की एक खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है लेबर पेन में ही वोट देने पहुंची महिला दो घंटे बाद बेटी को जन्म दिया आज की सुर्खी है भारत ने कसा पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा नियंत्रण रेखा पर निलंबित किया सीमा पार कारोबार

और पारम्परिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे